इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का शालन करें

कोविड निर्देश केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रंखला तोडने के लिए जांच का दायरा बढाने और कंटेनमेंट जोन तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है

राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे कोविड नमूनों की जांच तेज करें ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत या उससे नीचे ही बनी रहे

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए जिला स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं कटनी में अब जिम स्वीमिंग पुल सिनेमाघर शॉपिंग काम्प्लेक्स सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे

मन्दसौर पुलिस विभाग और स्पेशल कैडेट्स की छात्राओं ने मेरा मास्क मेरी स्रक्षा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया अनू र जिले में वेक्सीन खत्म होने से ज टीके नही लगे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस साल अर्थव्यवस्था और रोजगार हमारे फोकस में है

हमने तय किया है हर माह एक लाख रोजगार के अवसर सुजित करेंगे रोजगार का ये अभियान लगातार जारी है कोरोना के कारण क्छ परीक्षाएं टल गई जो जल्दी श्रू होंगी

उन्होंने किसानों का थ व्हन किया कि औने पौने दाम में फसल ना बेचें समर्थन मूल्य से ज्यादा बाहर मिले तो बेचो

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में दो अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बो में बदला है एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत होगी

उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं ली जा सकती घरों से परीक्षा देने के दौरान छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र घर पर भेजे जाएंगे स्ट्रडेंट्स कॉपियां स्कूल में जमा करायेंगे ये फैसला बच्चों की सुरक्षा के चलते लिया गया है

इसके अंतर्गत एक माह के लिए चौकीदारों की व्यवस्था रात के लिए ड्रोन एंब्लेंस ब्लोअर और फायर फाईटर की व्यवस्था का प्रस्ताव है

जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई और जून में परीक्षा देंगे

इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलेगा और एक दिन पहले बने ठंडे भोजन का भोग लगाया जाएगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धा स्मन अर्पित किये हैं